अब समाचार विस्तार से स्थानी कमीशन उच्चतम न्यायालय ने आज केन्द्र को आदेश दिया कि तीन महीने के भीतर उन सभी महिला अधिकारियों को सेना में स्थाई कमीशन दिया जाए जिन्होंने इसका विकल्प चुना है न्यायालय ने कहा कि उन्हें कमान तैनाती दिये जाने पर भी कोई प्रतिबंध नहीं होगा न्यायमूर्ति डी वाई चन्द्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने केन्द्र के इस तर्क को खारिज कर दिया कि महिलाओं को स्थाई कमीशन अथवा कमान तैनाती न दिया जाना मनोवैज्ञानिक सीमाओं और सामाजिक व्यवस्था के तहत है अदालत ने कहा कि महिलाओं को इस तरह की तैनाती से वंचित रखना गैर तार्किक और समानता के अधिकार के विरूद्व है सेना की महिला अधिकारियों ने फैसले पर खुशी व्यक्त करते हुए इसे ऐतिहासिक और प्रगतिशील बताया है वरिष्ठ अधिवक्ता और भाजपा नेता मीनाक्षी लेखी ने इस फैसले के लिए न्यायालय का आभार व्यक्त किया राष्ट्रीय पुलिस स्मारक मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय पुलिस स्मारक पर शहीदों की शौर्य गाथा और पराक्रम को नमन करते हुए श्रद्धासुमन अर्पित किये इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा की यह राष्ट्रीय स्मारक राष्ट्र की रक्षा में पुलिस और पैरा मिलिट्री फोर्स के जवानों के बलिदान और समपर्ण की याद दिलाता है उन्होंने कहा कि देश में शांति व्यवस्था कायम रखने प्राकृतिक आपदा या दुर्घटनाओं में बचाव और राहत पहुंचाने का कार्य हमारे जवान करते हैं जब भी इनकी जरूरत होती है यह उस समय मौजूद रहते हैं

वर्तमान में राज्य में एसडीआरएफ की चार कम्पनियां कार्यरत है मुख्यमंत्री ने कहा की सिटी क्राइम पर नियन्त्रण के उद्देश्य से प्रयोग के रूप में उत्तराखण्ड के चार जिलों में सीटी पेट्रोल यूनिट का गठन किया गया है

इस योजना के तहत टैक्नॉलाजी और वैज्ञानिकों के माध्यम से मिट्टी के स्वास्थय की जांच की जाती है और उसी के हिसाब से किसान उसकी सेहत सुधार कर अच्छी और कम लागत में ज्यादा पैदावार कर रहे हैं

आंकड़े साफ बता रहे हैं कि सॉयल हैल्थ कार्ड योजना किसानों के लिये वरदान साबित हो रही है जिसमें किसान की उपज के साथ साथ आय में तो बढ़ोतरी हो ही रही है

एक भारत श्रेष्ठ भारत एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान के तहत कर्नाटक राज्य के यादगीर जिले से राजकीय महाविद्यालय शाहपुर और शोरपुर के छात्र छात्राओं और शिक्षकों का एक दल चम्पावत जिले की यात्रा पर आया हुआ है

कर्नाटक दल के नोडल शुकर्मा पाटिल ने बताया कि इस अभियान के जरिए उत्तराखंड और कर्नाटक के लोगों को एकदूसरे की संस्कृति और परंपराओं को जानने का मौका मिल रहा है

विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने मोबाइल वैन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया इस अवसर पर उन्होंने कहा कि सूचना प्रसारण मंत्रालय द्वारा केंद्र सरकार की विभिन्न नीतियों और योजनाओं के प्रचार प्रसार का कार्य विभिन्न माध्यमों से किया जा रहा है उन्होंने कहा कि विभिन्न योजनाएं धरातल पर उतारने के लिए और आम लोगों में जानकारी पहुंचाने के लिए यह मोबाइल वैन कारगर साबित होगी कार्यक्रम में उपस्थित अपर महानिदेशक आउटरीच ब्यूरो नरेंद्र कौशल ने कहा कि सांस्कृतिक रुप से लोगों को जोड़ने और जनता तक योजना संबंधि जानकारी पहुंचाना कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है

जिलाधिकारी वी षणमुगम की पहल पर इस बार प्रदेश के सभी जिलों से सांस्कृतिक कलाकारों को बुलाया जा रहा है महोत्सव में पर्यटक गढ़वाली और कुमाऊंनी व्यंजनों का आनंद भी ले सकेंगे जिलाधिकारी ने टिहरी झील महोत्सव के आयोजन स्थल का निरीक्षण कर अधिकारियों के साथ बैठक की उन्होंने कहा कि उत्तराखंड की संस्कृति की देश और दुनिया के पर्यटकों को जानकारी मिलनी चाहिए बॉलीवुड कलाकारों से भी कार्यक्रम में भाग लेने के लिए बातचीत की जा रही है आलू की खेती प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों में मौसम की गरमाहट के साथ ही किसानों ने आलू की खेती की तैयारी शुरू कर दी है चम्पावत जिले के विभिन्न स्थानों में किसान आलू की बुआई भी करने लगे हैं